मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समी जिलाधिकारियों को आवश्यक खाद्य सामग्री के दामों को नियंत्रित रखने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के दिये निर्देश

अब तक छः लाख तैंतालिस हजार स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाए गये टीके प्रदेश में कक्षा छह से आठ तक के विद्यालय दस फरवरी और कक्षा एक से पांच तक के स्कूल खूलेंगे पहली मार्च से

राज्यसभा ने कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है हमने यह जरूर कहा है कि आप प्राक्षान में कहां गलती है विनम्नतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिये हमने जो उनकी भावना के अन्तर्गत जिन बिन्दुओं को विन्हित किया जा सकता था उनको भी विन्हित करके बताया है कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि ए पी एम सी खत्म हो जायेगी तो हम इस पर विचार करते हैं ए पी एम सी खत्म नहीं होगी हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया लेकिन मैनें साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संरोधन के लिये तैयार है इसके मायने यह नहीं लगाना चाहिये कि किसान कानून में कोई गलती है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाये गए हैं खरीद पे ट्रांस्पेरेंसी आये ई ट्रांजेक्शन बद्गे किसान को वाजिब दाम मिले इलैक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े

इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमंदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपद में आवश्यक खाद्य सामग्री की दरों को नियंत्रित रखने के लिये प्रमावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नजर रखी जाये यह सुनिश्चित किया जाये कि जनता के दैनिक उपयोग से जुड़ी आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी और मुनाफाखोरी नहीं होने पाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिये प्रभावी प्रयास कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाबों के पुनः उद्वार चेकडैमों की स्थापना सहित अन्य कार्यो से भू गर्म जलस्तर बढ़ा है उन्होंने ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने तथा इसके लाभ के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं का कार्य पूरी तेजी से सम्पन्न किया जाये प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के एक सौ तिरसठ नये मामले सामने आये हैं जबकि तीन सौ तेईस लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार चार सौ बासठ रह गयी है प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोविड के एक लाख बारह हजार चार सौ तेरह नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल दो करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार अट्ठावन नमूनों की जांच की जा चुकी है उत्तर प्रदेश देश में अब तक कोविड नाइन्टीन का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है प्रदेश में कल दोपहर तीन बजे तक छः लाख तैंतालीस हजार से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है राज्य में सप्ताह में दो दिन ब्रहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है प्रदेश मे कल से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अमिषेक प्रकाश और पुलिस आयक्त डीके ठाक्र ने कोविड का टीका लगवाया उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और लोगों को टीकाकरण के प्रति किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें गोरखप्र में टीकाकरण अमियान के तहत कल अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा मण्डलायक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाये गये टीका लगवाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने कोविड का टीका लगवाया जिलाधिकारी ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड से बचाव के लिये सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए कौशाम्बी के जिलाधिकारी अमित कुमार ने भी कोविड का टीका लगवाया उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवायें जौनप्र में जिलाधिकारी मनीष क्मार वर्मा सहित अन्य अधिकारियों और अग्रिम पक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाया गया सिद्वार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी अन्य अधिकारियों के साथ कोविड का टीका लगवाया टीका लगवाने के बाद श्री मीणा ने कहा आज मुझे कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगा है जिसे लगने के बाद मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है

यह बिल्कुल सुरक्षित है स्वयं बचे और देश को मी बचावें अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि कोविड टीकाकरण का आगामी सत्र ग्यारह बारह और अटठारह फरवरी को प्रदेश के समी जिलों में आयोजित किया जायेगा उन्होंने कहा कि टीकाकरण से छूट गये स्वास्थ्यकर्मियों को पन्द्रह फरवरी को टीके लगाए जायेंगे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और निजी विद्यालयों में कोरोना काल बंदी के बाद शिक्षण कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिये विद्यालयों में शिक्षण कार्य आगामी दस फरवरी से शुरू हो जायेगा और वहीं कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिये शिक्षण कार्य पहली मार्व से शुरू किया जायेगा

भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के लिये चुने गये नवनिर्वाचित में से कल नौ सदस्यों ने विधान भवन में शपथ ग्रहण की

भाजपा के कुंवर मानवेन्द्र सिंह और समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित सदस्य अहमद हसन पहले ही शप्थ ग्रहण कर चुके हैं प्रदेश के कई जनपदों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान रूक रूक वर्षा होने के समाचार हैं लखनऊ कानपुर गोरखपुर वाराणसी चन्दौली अयोध्या कूशीनगर समेत अन्य हिस्सों में कल दिन भर बादल छाए रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की गयी वहीं पीलीभीत में ओलावृष्टि भी हुई मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से वर्षा के हालात बने हैं राज्य में आज से मौसम साफ रहने का अनुमान है